प्रदेश में अब बंदरों के काटने पर मुआवजा मिलेगावन मंत्री हरक सिंह रावत ने सदन में घोषणा की चारधाम परियोजना से टिहरी के लोगों की जुड़ी हैं कई उम्मीदेंपर्यटन विकसित होने से आमदनी के अवसर बढ़ेंगे

स्लग विधानसभा स्थगन उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही कांग्रेस के वॉकआउट और हंगामे के चलते बृहस्पतिवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सुबह कांग्रेस विधायक करण माहरा विधानसभा गेट के समक्ष धरने पर बैठ गए उनका कहना था कि वे सचिवालय की गाड़ी से आ रहे थे जिसमें पास न होने की बात कहते हुए पुलिसकर्मियों ने गेट पर ही रोक दिया वहीं कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉक आउट कर दिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा हृदयेश विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल फुरकान अहमद राजकुमार आदेश चौहान मनोज रावत हरीश धामी ममता राकेश विधानसभा के गेट पर विधायक माहरा के साथ धरने पर बैठ गए वे विधायक माहरा को रोकने वाले पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग कर रहे थे संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कांग्रेस विधायकों के बीच पहुंचकर उनसे सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का आग्रह किया श्री पंत ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने और मामले की जांच का आश्वासन कांग्रेस विधायकों को दिया

यह घोषणा वन मंत्री हरक सिंह रावत ने की उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक वन्यजीवों के हमलों में किसी की मृत्यू होने अथवा घायल होने की स्थिति में मुआवजा दिए जाने का प्रावधान था मगर बंदरों के हमले के मामले में ऐसा नहीं था अब बंदरों के हमले में किसी के घायल गंभीर घायल या मृत होने की स्थिति वही मुआवजा दिय जाएगा जो अन्य वन्यजीवों के हमले के मामले में अनुमन्य है इससे पूर्व आज सुबह विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में बागेश्वर के भाजपा विधायक चंदन राम दास ने राज्य के प्रत्येक जिले में बंदरबाड़ा बनाए जाने संबंधी मुख्यमंत्री की घोषणा से संबंधित प्रश्न उठाया नैनीताल के विधायक संजीव आर्य ने भी इससे जुड़ा सवाल उठाया लक्सर के भाजपा विधायक कुंवर प्रणव ने बंदरों के काटे जाने पर मुआवजा देने की मांग उठाई स्लग विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कथित रूप से वाहन पास न होने के कारण कांग्रेस के विधायक के प्रवेश को लेकर विवाद के बाद कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए विधानभवन के बाहर कांग्रेस का धरना विधानसभा अध्यक्ष की पहल और पुलिस के माफी मांगने के बाद समाप्त हो गया इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में बैठक बुलाई इसमें संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे स्लग आपदा प्रशिक्षण चमोली जिले के दशोली जोशीमठ थराली देवाल पोखरी विकासखंडों के गांवों में दो दिवसीय ग्राम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम में गांव स्तर पर गठित ग्राम आपदा प्रबंधन टीमों को जोखिम न्यूनीकरण प्राथमिक चिकित्सा खोज एवं बचाव निकासी पेयजल पेयजल और स्वच्छता पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है

शेष गांवों और विकासखण्डों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है स्लग पर्यटन बैठक अल्मोड़ा अल्मोडा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने पर्यटन विभाग की बैठक में सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जीआईएस से जोड़ने के निर्देश दिये ताकि पर्यटकों को जिले के महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो सके उन्होंने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को जिले के पसंदीदा पर्यटन और धार्मिक स्थलों ऐतिहासिक धरोहरों स्मारक के साथ ही बैंक पेट्रोल पम्प होटल आदि को जीआईएस से जोड़ने को कहा साथ ही इस काम को इकत्तीस दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश भी दिये हैं

उनका मानना है कि अच्छी सड़क बनने से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा टिहरी में भी चारधाम परियोजना का कार्य चल रहा है यहां सीमा सड़क संगठन ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे और ऋषिकेश बदरीनाथ हाईवे पर सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है बी आर ओ के शिवालिक रेंज के मुख्य अभियंता ए एस राठौर ने चारधाम परियोजना से जुड़े निर्माण कार्यो की प्रगति की जानकारी दी व्यापारियों का मानना है कि चारधाम परियोजना के पूरा हो जाने पर टिहरी जैसी जगह भी पर्यटन के मानचित्र पर अपनी जगह पुख्ता कर सकेंगी इससे स्थानीय लोगों के लिए आमदनी के अवसर बढेंगे

इस परियोजना के तहत गंगोत्री यमुनोत्री बदरीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने का प्रस्ताव है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने चारधाम परियोजना पर पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं जतायी थीं जिन्हें दूर कर सड़क निर्माण का कार्य जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है स्लग वॉल पेंटिंग हरिद्वार में गंगा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों की मदद से अनूठी पहल की गई है इसके तहत अलकनंदा घाट से हरकी पैडी की ओर जाने वाले मार्ग की दीवारों पर आकर्षक चित्र उकेरे गए हैं बीइंग भगीरथ मिशन और नगर निगम हरिद्वार ने यह साझा कार्यक्रम शुरू किया है नगर आयुक्त ललित नारायण मिश्रा व बीइंग भगीरथ मिशन के संयोजक शिखर पालीवाल का कहना है कि हरिद्वार को साफ सुथरा रखने के साथ ही यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को गंगा स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास इन वॉल पेंटिंग्स के जरिए किया जा रहा है काफी संख्या में स्कूली बच्चे ब्रश और रंगों की मदद से दीवारों पर गंगा व इसके महत्व से जुड़ी कलाकृतियों को उकेरने में जुटे हैं अपने इस प्रयास से ये बच्चे काफी उत्साहित हैं

इस अवसर पर अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एसके झा ने अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट्स को विभिन्न मेडल ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया उन्होंने भावी अफसरों को देश की आन बान और शान की रक्षा के मूलमंत्र दिए